राज्य में आज एक सौ अंठावन नए कोरोना पॉजिटिव मिले हैं जबकि पिछले चौबीस घंटे के दौरान सात सौ नवासी मरीज मिले हैं इसी के साथ राज्य में कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर तेरह हजार छह सौ इकहतर पहुंच गई है वहीं अब तक चार हजार आठ सौ सोलह लोग स्वस्थ हो चुके हैं जबकि सक्रिय मामलों की संख्या आठ हजार सात सौ सताईस पहंच गई है पिछले चौबीस घंटे के दौरान राज्य में छह संक्रमितों की मौत के साथ मरने वालों की कुल संख्या एक सौ अठाईस हो गई है नए मिले संक्रमितों में पूर्वी सिंहभूम के एक सौ अंठानबे रांची के एक सौ तीस खूंटी के बेरानबे हजारीबाग के नब्बे रामगढ़ के चौवन जामताड़ा और पश्चिमी सिंहभूम के इकतालीस इकतालीस साहेबगंज के चौतीस लातेहार के इकतीस गुमला के तेईस सरायकेला के तेरह पाकुड़ के बारह देवघर के नौ बोकारो और पलामु के आठ आठ धनबाद के चार लोहरदगा के एक मरीज शामिल हैं

रांची के होटवार स्थित बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा में बंद दो पूर्व मंत्री एनोस एक्का और राजा पीटर आज कोरोनो संक्रमित पाये गये हैं दोनों मंत्रियों के साथ ही जेल में बंद चालीस बंदियों के अलावा चौदह कर्मियों के संक्रमित होने की पुष्टि हुई है कोरोनो के फैलाव को देखते हुए जेल में एसटीडी रसोई निर्माण कार्य जैसे सामूहिक कार्य को बंद किया गया है जेल आईजी ने इसकी सूचना दी इधर कोरोनो की चपेट में कार्मिक विभाग के सचिव अजय कुमार सिंह भी आ गये हैं अजय कुमार के स्थान पर सचिव वंदना दादेल को कार्मिक विभाग का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है साथ ही हिमानी पांडे को योजना विभाग का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कोरोना की दोबारा जांच करायी है जांच में मुख्यमंत्री और उनके परिवार समेत सीएमओ के कर्मी निगेटिव पाये गये हैं जैसा कि आपको मालूम हो पिछले दिनों मुख्यमंत्री आवास के कई कर्मी कोरोना पॉजिटिव पाये गये थे धनबाद के सरायढेला की कुछ महिलाओं ने कोरोना से उत्पन्न आपदा को अवसर में बदला है इन्होंने मास्क बनाकर उसकी बिक्री करके रोजगार के नये अवसर बनाये हैं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

सारे कर्मी आज दिन भर सांकेतिक रूप से हड़ताल रहे इस बीच उनकी मांगो पर विचार नहीं किया गया इससे नाराज सारे कर्मी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए

हड़ताल पर जाने वाले कर्मियों में लैब टेक्नीशियन से लेकर आयुष चिकित्सक भी शामिल हैं अपनी मांगों पर जोर डालने के लिए मंगलवार को अनुबंधित कर्मियों ने सीएस कार्यालय के मुख्य गेट पर धरना दिया शिक्षा मंत्री जगरनाथ महतो ने कहा है कि नई शिक्षा निति लागू करने से पहले मंत्रिपरिषद की बैठक में इस पर चर्चा की जायेगी इसके साथ ही राज्य के बुद्धिजीविओं की भी राय ली जायेगी पारा शिक्षकों के बारे में उन्होंने बताया कि उनके वेतन को रेगुलर कर दिया गया है उनकी मांगों को पूरा करने की दिशा में काम चल रहा है लोहरदगा जिले में गरीब कल्याण योजना के तहत क्आं निर्माण कराया जा रहा है

राज्य सरकार ने इस वर्ष आयोजन जैप वन ग्राउंड में करने का निर्णय लिया है स्वतंत्रता दिवस की तैयारियों को लेकर रांची के मोरहाबादी स्थित श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय सभागार में उपायुक्त छवि रंजन की अध्यक्षता में बैठक हई

साथ ही कार्यक्रम स्थल पर आमजनों की एंट्री पर रोक रहेगी

प्रदीप सिंह प्रथम स्थान पर रहे जबकि महिलाओं में प्रतिभा वर्मा पहले स्थान पर रहीं यूपीएससी में दूसरे स्थान पर जतिन चौधरी रहे और चौथे स्थान पर हिमांशु जैन रहे हैं झारखंड के हजारीबाग से दीपांकर चौधरी को बयालीसवां रैंक प्राप्त हआ है

श्री चौधरी वर्तमान समय में केरल में प्रशिक्षु आईपीएस के रूप में कार्य कर रहे हैं उनकी इस सफलता से मां हीरा कुमारी एवं पिता रंजन चौधरी काफी खुश हैं आईएएस बने दीपांकर चौधरी ने कहा कि कड़ी सफलता के साथ साथ लोगों के स्नेह प्यार और सहयोग से यह मुकाम हासिल हुआ है उन्होंने युवकों से सकारात्मक सोच रखने और अपनी यूनिक स्टोरी बनाने के लिए प्रयत्नशील रहने पर जोर दिया

वे भी प्रशिक्षु आईपीएस के रूप में शिमला में प्रशिक्षण ले रहे हैं आईएएस बनने के बाद पिता कमल किशोर एवं मां शालिनी पांडे बेहद खुश हैं

रवि जैन देवघर के जैन मंदिर गली के रहने वाले हैं गत वर्ष उनका चयन बीपीएससी में हुआ था और अभी वो बिहार के जमुई जिला में सेल्स टैक्स ऑफिसर के पद पर कार्यरत हैं रवि के चाचा ताराचन्द जैन झारखंड राज्य दिगम्बर जैन धार्मिक न्यास बोर्ड के अध्यक्ष हैं पिता अशोक जैन व्यवसायी हैं रांची की अनुपमा सिंह को देशभर में रैंक प्राप्त हुआ है इधर चाईबासा के अभिनव गुप्ता और उनके चचेरे भाई सौरभ गुप्ता ने भी यूपीएससी में सफलता हासिल की है

साइकिल द्वकान चलाने वाले राजकमार ग्रप्ता के बड़े बेटे अभिनव ग्रप्ता की इस सफलता पर पूरे परिवार में ख्शी का माहौल देखने को मिला

पिता शैलेन्द्र वर्मा ने अपने पुत्र शिवेंदु भूषण के आत्मविश्वास की प्रशंसा करते हुये कहते हैं कि उनका बेटा जो ठान लेता है पूरा करता है खूंटी जिले के सुदूरवर्ती जंगल इलाकों में अब भी लकड़ी तस्कर सक्रिय हैं खूंटी वन प्रमंडल के वनकर्मियों ने रनियां थाना क्षेत्र के रनियां बाजारटांड़ के पास से देर रात अवैध सखुआ का बोटा लदा मिनी ट्रक को धर दबोचा

पलामू पुलिस ने लातेहार जिले से लेवी वसूल कर लौट रहे उग्रवादी संगठन जेजेएमपी के संक्रिय सदस्य सतबरवा के पीढ़िया निवासी विजय प्रजापति को गिरफ्तार किया है

उन्होंने बताया कि श्री सिंघार छह से नौ अगस्त तक रांची में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे

इस दौरान लाभुकों को जल्द से जल्द आवास निर्माण कराने का निर्देश दिया